इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है देश के करीब अस्सी करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की तीस तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाये जाने की घोषणा की थी उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे और मौजूदा कोविड महामारी के समय बारिश और आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना मामलों की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन पैंतीस हजार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर और ट्रनेट मशीन से प्रतिदिन पैंतीस हजार टेस्ट किए जाएं उन्होंने रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से भी रोजाना बड़ी संख्या में टेस्ट करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रूनेट मशीन से टीबी की भी जांच की जा सकती है इसलिए इस बहपयोगी मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने में कोविड हेल्य डेस्क को मजबूत कड़ी बताया उन्होंने कहा कि इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी कर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बताया जाए कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के संदेश को अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है उन्होंने फिर दोहराया कि लोग अनावश्यक घर से बाहर न निकलें कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी शक्रवार शनिवार और रविवार को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जाए मृख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायतीराज विभाग सहित अन्य विभाग व संस्थाएं मिलकर यह अभियान चलाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में जान माल का नुकसान कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर पर इस संबंध में लोगों को जागरूक करने को कहा है उन्होंने कहा कि अगर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं की पहले से जानकारी मिल सके तो इन्हें हर माध्यम से जनता के बीच प्रचारित किया जाए इस बीच प्रदेश के गन्ना विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशानिर्देश जारी करते हुए किसानों को दामिनी ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा है इस ऐप के जरिए मोबाइल में इस बात की जानकारी मिल जाती है कि किस जगह पर बिजली गिर सकती है इससे व्यक्ति समय पर सुरक्षित स्थान पर पहंच सकता है केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में इस साल ग्यारह अप्रैल से पौने तीन लाख हैक्टेयर से अधिक इलाके में टिड्डी दल नियंत्रण अभियान चलाया गया है ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हरियाणा और बिहार मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टिड्डी दलों को मारने के अभियान को कीटनाशकों के हवाई छिड़काव की क्षमता बढ़ाकर सुदुढ़ किया गया है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है कल एक दिन में अधिकतम चौंतीस हजार पचासी नमूनों की जांच की गयी अब तक राज्य में कोविड नाइन्टीन के दस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है कोविड नाइन्टीन पर आकाशवाणी के विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम में वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्षणेय ने कहा कि लोग घर में बना कपड़े का बहस्तरीय मास्कइस्मेमाल कर सकते है सर्जिकल मास्ट जो है जर्नली हम लोग रिकमंड करते हैं कि जो हमारे हैत्थ पर्सनल हैं वो यूज करें क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती

विकास दुबे पर ईनाम की राशि ढाई लाख से बढाकर पांच लाख रूपये कर दी गई है राज्य के अपर महानिदेशक कानुन और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आज बताया कि पुलिस कानपुर पुलिस हत्या मामले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि हमारे बहाद्रों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने बताया कि इस मामले के अन्य दोषी अमर दवे को आज एक मुठमेड़ में मार दिया गया है और विभिन्न स्थानों से विकास दुबे के कुछ और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है